राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने देहरादून के झाझरा ग्राम से की मॉडल ग्राम अभियान की श्रुआत अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैंक अधिकारियों को सीएम स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को तत्परता के साथ ऋण उपलब्ध कराने को कहा

जेईई नीट शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि सितंबर को होने वाली जेईई मेन्स और नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है संय्क्त इंजीनियंरिंग भर्ती परीक्षा जेईई मेन्स और चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट यूजी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सिंतबर में आयोजित की जाएंगी

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन्स और राष्ट्रीय पात्रता और नीट यूजी के लिए परीक्षा केन्द्रो की संख्या में वृद्वि कर दी है

फ़ास्टैग सरकार ने प्रे देश के राजमार्गो पर टोल प्लाजा पर किसी भी छुट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गो पर निर्बाध यात्रा सु्निश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है

मॉडल ग्राम राजभवन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने देहरादून के झाझरा ग्राम से मॉडल ग्राम अभियान की श्रुआत की राज्यपाल ने सहसप्र विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत झाझरा का भ्रमण करते हुए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत निर्मित ग्राम संगठन के भवन और झाझरा जूनियर हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया

उन्होंने राज्य के सभी सांसदों और विधायकों से अपील की है कि ऑननलाइन शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गरीब बच्चों को स्मार्टफोन या टैब उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाएं उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत झाझरा के तहत संचालित सभी छह आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा

आपको बता दें कि राज्यपाल ने हर जिले में एक अन्सूचित जाति बाहल्य ग्राम को मॉडल ग्राम बनाने का संकल्प लिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक ली उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य बाल विकास पंचायती राज एवं अन्य सामाजिक संगठनों को आपसी तालमेल के साथ लोगों को जागरूक कर लिंगान्पात को संत्लित करने बालिकाओं के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया

अपर मुख्य संचिव अपर म्ख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैंक अधिकारियों को म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जानकारी देते हुए लाभार्थियों को तत्परता के साथ ऋण उपलब्ध कराने को कहा है

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये हैं कि सभी बैंकर्स म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में समय सारणी के तहत कार्य करें और जिलाधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करें अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जो बैंक योजना में अच्छा कार्य करेगा उसमें शासकीय धन जमा करने में प्राथमिकता दी जायेगी कौशल विकास योजना उधमसिंह नगर जिला प्रशासन कौशल विकास योजना के तहत स्किल गैप को चिन्हित कर उस पर आधारित प्रशिक्षण प्रोग्राम तैयार करने का प्रयास कर रहा है इस संबंध में जिलाधिकारी रंजना राजग्रू की अध्यक्षता में सेवायोजन विभाग शिक्षा विभाग पॉलिटेक्नीकल आईटीआई औद्योगिक संस्था के प्रतिनिधियों और सम्बन्धित अधिकारियों के साथ कौशल विकास जनपद स्तरीय कमेटी की बैठक हुई बैठक में जिलाधिकारी ने कहा की कौशल विकास में जो गैप आ रहा है उसे समय से पूरा किया जाय

उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन के म्ताबिक देवस्थानम ने अब प्रदेश से बाहर के लोगों को क्छ शर्तों के साथ चारधाम यात्रा की अन्मति है चार धामों में तीर्थयात्रियों को मंदिरों में दर्शन हो रहे है जिसमें किसी तरह का कोई अवरोध नहीं है उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के अच्छे परिणाम आ रहे हैं थर्मल स्क्रीनिंग सैनेटाइजेशन के बाद ही मंदिरों में तीर्थ यात्रियों को प्रवेश दिया जा रहा है मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है सोशल डिसटेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर देवस्थानम बोर्ड के यात्री विश्राम गृहों को तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए खोला जा च्का है

राजमार्ग टिहरी टिहरी जिले के ऋषिकेश चंबा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग क्म्हारखेड़ा के पास भारी भूस्खलन के कारण तीन दिन से बंद पड़ा है प्रशासन और बीआरओ लगातार हाईवे को खोलने में ज्टा है लेकिन भारी बोल्डर मलबे और रूकरूक आ रही मिट्टी से हाईवे खोलने में दिक्कतें आ रही हैं फिलहाल छोटे वाहनों को हिंडोलाखाल नीर किनवानी नरेंद्रनगर से भेजा जा रहा है जबकि भारी वाहनों की हाईवे पर कतारें लगी हुई हैं जिला आपदा प्रबंधन अधिकरी बृजेश भट्ट ने बताया कि अत्याधिक मात्रा में मलबा बोल्डर आने से यातायात बहाल नहीं किया जा सकता है